सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा अब जयप्र में हर महीने में एक दिन पूर्व सैनिकों की समस्याओं की मंत्री और अफसरों के स्तर पर सीधे सुनवाई होगी विश्व पर्यटन दिवस आज प्रदेशभर में हो रहे है कई कार्यक्रम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में नकदी की कोई समस्या नहीं है उन्होंने कहा कि वास्तव में उनके पास अधिक नकदी पहुंच रही है वे कल नई दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों और लघ् वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात कर रही थीं श्रीमती सीतारमन ने कहा कि सघन आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लघू वित्तीय इकाईयों ने बताया है कि वहां अब भी कर्ज की मांग है और उन्हें उपलब्ध भी कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक उपलब्धि है

उन्होंने कहा कि इस अभियान का पहला चरण दो सौ पचास जिलों में तीन अक्टूबर से सात अक्टूबर तक चलाया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने जम्मू कश्मीर में नागरिक प्रशासन पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों से कश्मीर घाटी में लोगों का मरोसा हासिल करने को कहा है उन्होंने आपात स्थिति और लोगों द्वारा उठाये गये मुद्दों के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा श्रीनगर में कल उच्च स्तरीय बैठक में उन्हें घाटी की ताजा स्थिति की जानकारी दी गई श्री डोभाल ने सुरक्षा बलों और प्रशासन को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों की अफवाह फैलाने वाली कार्रवाई को देखते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर की चर्चा हो लेकिन कश्मीर मुद्दे पर यूएन ने भी पाकिस्तान को साफ जवाब दिया है कि वह भी आतंकवाद के खिलाफ है

उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए सरकार के अलावा जन सहयोग भी बेहद जरूरी है श्री रिजिजू ने कहा कि आने वाले ओलम्पिक में भारत का प्रदर्शन पहले से बहुत अच्छा रहेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाने के लिये केन्द्र को भेजे जाने वाले अंतरिम ज्ञापन को कल स्वीकृति दे दी श्री गहलोत ने अधिकारियों को वास्तविक नुकसान का जल्द आकलन करने के निर्देश दिए हैं ताकि एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता के लिए अंतिम ज्ञापन तैयार किया जा सके

राज्य के दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा और आरएलपी का गठबंधन जारी रहेगा कल जयपुर में आरएलपी और भाजपा की संयुक्त प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पृनिया ने बताया कि पार्टी ने सर्वसम्मति से खींवसर सीट आरएलपी को देने का निर्णय किया है वहीं मंडावा सीट पर भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी और केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा है श्री गहलोत ने पत्र में कहा है कि कोयले की आपूर्ति में तत्काल सुधार नहीं होने की स्थिति में राज्य की कई विद्युत इकाइयों में उत्पादन प्रभावित होने से बिजली संकट पैदा हो सकता है

सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अब जयप्र में हर महीने एक तारीख निर्धारित करके पूर्व सैनिकों की समस्याओं की मंत्री और अफसरों के स्तर से सीधे सुनवाई होगी यह घोषणा कल श्री खाचरियावास ने जयपुर में आयेजित जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की बैठक में की श्री खाचरियावास ने कहा कि युवाओं को सेना में भर्ती के प्रशिक्षण के लिये जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से कोचिंग सेन्टर खोले जायेंगे

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास प्राकृतिक विविधता और बहरंगी संस्कृ ति यहां के पर्यटन को दुनियाभर में अलग पहचान देती है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यटन में राजस्थान सिरमौर बने और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सुजित हो सकें इधर प्रष्कर में विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर कल ऊंट रैली का आयोजन किया गया रैली में देशी विदेशी पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया